स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने आज इस जांच के आदेश दिए

उन्होंने कहा कि इन बायोमिट्रिक मशीनों की खरीद पूर्व कांग्रेस सरकार में की गई थी यह मशीनें हाईकोर्ट के आदेशों के बाद खरीदी गई थी

उन्होंने कहा कि यदि इस जांच में कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि आयुर्वेदिक विभाग ने मशीनरी की खरीद में हुई अनियमितताओं की भी जांच होगी मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले के सभी विभागों को आबंटित धनराशि को समय पर खर्च करने को कहा है मारकंडा ने आज जिला स्तरीय परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि जो विभाग आबंटित धनराशि को समय पर खर्च नहीं करेंगे उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी

मारकंडा ने जिले में रिक्त पड़े शिक्षकों के पदों को तुरंत एसएमसी के माध्यम से भरने को भी कहा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिल सके पालेकर पद्म श्री सुभाष पालेकर ने कहा है कि खेती बाड़ी में देसी केंचुओं की भूमिका अहम है सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती पर बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित छः दिवसीय पालेकर प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे इस शिविर में किसानों ने पालेकर प्राकृतिक खेती के गुर सीखे पालेकर ने कहा कि खेतीबाड़ी में देसी केंचुओं की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि यह दिन रात किसानों के लिए मजदूर की तरह काम करते हैं उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी विधि है जिसमें खेती के पहले ही वर्ष बेहतर परिणाम आने शुरू हो जाते हैं और किसानों का उत्पादन बिल्कुल भी नहीं घटता इस मौके पर प्राकृतिक खेती ख्रशहाल किसान योजना के परियोजना निदेशक राकेश कंवर ने कहा कि रासायनिक खेती की वजह से बीमारियां लगातार बढ़ रही है

उपायुक्त ने इस मौके पर कहा कि स्वच्छ समाज से ही स्वस्थ समाज की परिकल्पना संभव है उन्होंने कहा कि स्वच्छता अनिवार्य के अंतिरिक्त एक आदत के रूप में भी विकसित होनी चाहिए उन्होंने सुंदर शौचालय के स्वामित्व की भावना को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने पर भी जोर दिया डीसी ऊना ऊना के उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा है कि पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों की समस्याओं का निपटारा करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है उपायुक्त आज ऊना में आयोजित जिला सैनिक बोर्ड की त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने अपील की कि जिन पूर्व सैनिकों व विधवाओं ने अपना पंजीकरण नहीं करवाया है वह अपने दस्तावेज संबंधित कार्यालय को जल्द भेजे

बैठक में सदस्यों ने सीएसडी कैंटीन में कम जगह होने का मामला भी उठाया मौसम मौसम ने प्रदेश में एक बार फिर करवट बदली है आज चम्बा कुल्लू बिलासपुर और हमीरपुर जिलों के कई हिस्सों में दोपहर बाद तेज आंधी के साथ वर्षा हुई जिससे लोगों को चिलचिलाती गर्मी से हल्की राहत मिली है इस दौरान राजधानी शिमला में भी बूंदाबांदी हुई आज प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर बादल छाए हुए हैं

मौसम विभाग ने राज्य के मध्यम पर्वतीय इलाकों में अलग अलग स्थानों पर अंधड़ के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है डीसी शिमला उपायुक्त शिमला अमित कश्यप ने कहा है कि सात जुलाई को कुपवी में आयोजित होने वाले जनमंच कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे

उन्होंने संबंधित ग्राम पंचायतों की जनता से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में जनमंच कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार द्वारा घर द्वार पर प्रदान की जा रही विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का लाभ उठाएं